प्रदेश सरकार स्पेशल ओलम्पिक भारत को देगी खेल संगठन का दर्जा

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एकजुट होकर काम करेगा एकजुट होकर आगे बढ़ेगा एकजुट होकर लड़ेगा और एकजुट होकर जीतेगा

मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि आम चुनाव में एक छोटी सी गलती भी देश को फिर से भ्रष्टाचार और घोटालों के युग में ले जाएगी

केन्द्रीय नागरिक उड़डयन मंत्री सुरेश प्रभू ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हैलीकॉप्टर उड़ान को हरी झण्डी दिखाकर इस योजना को राष्ट्र को समर्पित किया हिमाचल में इस योजना के तहत शिमला से चण्डीगढ़ के बीच हैलीकॉप्टर की उड़ाने शुरू की गई हैं

इस योजना से प्रदेश में पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिलेगा

संजीव सुन्द्रियाल आकाशवाणी समाचार शिमला मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि सड़कों के रखरखाव को विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि खराब सड़कों के कारण लोगों को असुविधा न हो उन्होंने सड़कों के रखरखाव के लिए केन्द्रीय निधि का अनुकल उपयोग सुनिश्चित करने को भी कहा मुख्यमंत्री आज शिमला में लोक निर्माण विभाग के नवनिर्मित खंड के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने विभाग द्वारा बनाए जाने वाले भवनों का निर्माण इस तरह से करने का आहवान किया ताकि सूरज की रोशनी का अधिकतम उपयोग हो सके मुख्यमंत्री ने व्यवस्थित तरीके से निर्मित इस भवन की सराहना की और कहा कि विभाग के इंजीनियरों को अन्य परियोजनाओं में भी इसे लागू करना चाहिए

हीरचंद ने इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में द्रदर्शन और आकशवाणी के विभिन्न केन्द्रों तथा फिल्ड पब्लिसिटी में अपनी सेवाएं दी हीरचंद नेगी ने आकाशवाणी शिमला में अपने कार्यकाल के दौरान जनजातीय संगीत लोक संगीत तथा स्थानीय बोलियों के संरक्षण व सम्वर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हीरचंद नेगी किन्नौर जिले के एक दुर्गम गांव आसरंग से तालुक रखते हैं

विज्ञान दिवस का उद्देश्य में लोगों के बीच विज्ञान और उसके उपयोग के महत्व के संदेश का प्रसार करना है इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय है लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग इस मौके पर शिमला में विज्ञान और पर्यावरण परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यकम की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के कहा कि ज्ञान व तकनीक के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती उन्होंने कहा कि विज्ञान विचार उत्पन्न कर खोज परख बुद्धि को विकसित करता है जो बच्चों में संस्कार व जिज्ञासा बढ़ाने में सहायक होते हैं

इस बीच इन लापता जवानों की खोज में चलाए जा रहे अभियान में आज डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक टीम और एक अन्य खोजी कृत्ते को भी जोड़ा गया है किन्नौर के उपायुक्त गोपालचंद ने बताया कि राहत कार्य को और तेज किया गया है उन्होंने ये भी कहा कि खोज अभियान में बीते रोज एक मोबाईल फोन मिला है जो हिमस्खलन में लापता जवान नितिन राणा का बताया गया है स्पेशल ओलम्पिक राज्य सरकार स्पेशल ओलम्पिक भारत हिमाचल प्रदेश को खेल संघ का दर्जा देने और राज्य खेल नीति में बौद्विक रूप से अक्षम लोगों को शामिल करने के मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अपने निवास स्थान ओक ओवर में उनसे मिलने आए स्पेशल ओलम्पिक में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों को हरसंभव सहायता देगी

यूनुस को आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने उन्हें ये पुरस्कार दिया इसी कार्यक्रम में उपायुक्त कुल्लू को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डाक्टर राजीव कुमार द्वारा गवर्नेस में नवाचार के लिए एक अन्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया यूनुस इससे पहले भी शासन व प्रशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं

पांगी के आवासीय आयुक्त चमन लाल शर्मा ने बताया कि प्रश्न पत्र घाटी में पहुंच जाने से अब इन दोनों ही कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी